हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि कर सम्बधी मामलों के तेज़ी से निपटाने के लिए हिसार में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का बैंच कायम किया जायेगा

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरी श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

पोषण अभियान को बढ़ावा देकर देश के सभी परिवारों को लाभान्वित करने को सुनिश्चित बनाने में योगदान के लिए राज्यों जिलों ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये प्रस्कार दिए गए है

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सम्बधित पक्षों की सहायता से क्पोषण की च्नौतियों से निपटा जायेगा और देश कुपोषण मुक्त हो जायेगा

चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पोषण अभियान के तहत चार राष्ट्रीय प्रस्कार मिले है चंडीगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए दिये जोन वाले प्रस्कारों में प्रथम स्थान मिला है चंडीगढ़ को एकीकृत बाल विकास योजना और बच्चों की सहायता के लिए योजना को लागू करने के लिए एक करोड़ रूपये का पहला प्रस्कार और प्रोग्रामों को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए डेढ़ करोड़ रूपये का पहला प्रस्कार मिला है

मुख्यमंत्री आज सोनीपत जिले गोहाना विधानसभा में जन आर्शीवाद यात्रा के पहंचने पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने एक ईमानदार सरकार च्नी थी और सरकार ने ईमानदारी से काम किया है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में परिवारों और रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती थी जबकि अब गरीब परिवारों के बच्चों ने योग्यता के आधार पर नौकरियां ली है उन्होंने कहा कि पर्ची की ज़माना अब चला गया है पूर व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया गया है म्ख्यमंत्री का चिड़ाना गांव में पहुंचने पर प्ष्प वर्षा से स्वागत किया गया नीति आयोग ने उपाध्यक्ष राजी कुमार ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री राम बिलास पासवान ने मुलाकात की और चावल को ओर पौष्टिक करने बारे पायलट योजना चर्चा की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि क्पोषण की समस्या के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग दवारा देश भर में चावल की ओर पोष्टिक करने हेतु पायलट योजना का खाका तैयार किया जायेगा राज्य क सभी सरकारी विभागों और अन्य सम्बधित पक्षों में सहयोग हेत् सम्पर्क किया जायेगा सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन मुद्दों से निटपने के लिए विभिन्न कदम उठाने हेतु विचार विमर्श कर रहे है

श्री मोदी ने दूसरे कार्यकाल में कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण होगा एक टिवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात असाधारण भारतीयो दवारा किए गए असाधारण कार्यो का जश्न मनाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है

हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद आकाशवाणी दवारा इस कार्यक्रम का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में किया जायेगा

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि कर सम्बधी मामलों के निटपारे के लिए हिसार में वस्त् एंव सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल का बैंच कायम किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र को हिसार में स्थापित करने की अपील की है कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि राज्य में करीब सांधे चार लाख पंजीकृत जीएसटी करदाता है पिछले महीने वित्तमंत्री ने कहा था कि जीएसटी एकत्रित करने में हरियाण देश का अहम योगदान दे रहा है

हरियाणा प्लिस को आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए दो प्रस्कारों से सम्मानित किया है प्रथम सम्मान सम्मान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्रेणी में डिजिटल जांच प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र डीआईटीएसी के तहत किए गए सफल प्रयासों के लिए दिया गया जबकि हरियाणा प्लिस को द्सरा प्रस्कार आपकी संगिनी के तहत सामुदायिक प्लिसिंग की श्रेणी में सर्वोत्तम प्रथाओं के बधाने के लिए प्रदान किया गया हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान व सम्मान पाना प्रे प्लिस बल के लिए गर्व का क्षण है उन्होंने डीआईटीएसी व आपकी संगिनी की समस्त टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और इस प्रस्कार को प्राप्त करने के लिए भी बधाई दी रोहतक प्लिस में कार्यरत सब इंस्पैक्टर और अर्ज्न अवार्डी कविता चहल ने चीन में चल रहे वर्ल्ड प्लिस गेम में स्वर्ण पदक हासिल किया है प्लिस अधीक्षक श्री राह्ल शर्मा ने कविता चहल को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर श्भकामनाएं दी तथा सम्मानित किया है